श्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत

अब तक चार सौ पचास लोगों की मृत्यु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार और बाढ़ प्रभावित अन्य पांच राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री ने राज्यों को बाढ़ से निपटने के लिये हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर भी विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री ने इस दौरान बाढ़ की समय रहते चेतावनी देने वाली नई तकनीक विकसित करने पर जोर दिया उन्होंने राज्यों के बीच बाढ़ को लेकर बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा वहीं कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग फेस मास्क लगायें समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और पर्याप्त सुरक्षित द्री जैसी सावधानियों को अपनायें इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार में अभी दो हजार सत्रह में आयी बाढ़ की तरह हालात बने हुए हैं उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चलाये जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया मुख्यमंत्री ने राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में अधिक बारिश बताया उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि नेपाल से सटे क्षेत्रों में इस वर्ष वहां की सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया जिससे बांधों की मरम्मत का कार्य प्रभावित रहा और मई में होने वाला कार्य जून में पूरा किया गया श्री कुमार ने मधेपूरा जिले में बांध की मरम्मत और मध्रबनी जिले में नो मेंस लैंड क्षेत्र में बांध की मरम्मत प्रभावित होने का मूददा उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है राज्य के सोलह जिलों की पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है कई स्थानों पर तटबंधों के ट्रटने के कारण नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर बारह सौ बत्तीस हो गयी है दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीवान और सारण जिलों के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है बाढ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा जिले में अब दरभंगा शहर के भी कई इलाके इस आपदा से प्रभावित हो गये हैं जिले में बीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाने पीने की चीजों के लिये भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है चारों तरफ बाढ़ के कारण लोग अपने घरों की छत पर आश्रय लिये हुए हैं सड़कों के बह जाने के कारण बड़ी आबादी का संपर्क प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि चौदह प्रखंडों में लगभग पंद्रह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं

एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है जिले में दस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मिकी नगर टाईगर रिजर्व क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल जाने से कई जंगली जानवर तेज धार में बह गये हैं टाईगर रिजर्व प्रबंधन ने कहा है कि साढ़े तीन सौ से अधिक वन्य प्राणियों को बचाया गया है सारण जिले में गंडक तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है जिले में आठ प्रखंडों में सात लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है जिले के पानापुर तरैया मशरक मकेर मढ़ौरा परसा और अमनौर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है इधर गरखा प्रखंड में अरगना बांध टूटने और गंडकी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गयी हैं इधर सीवान जिले में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं गंडक नदी के तटबंध ट्रटने से पैंतीस पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं जिले में लगभग नौ लाख लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं समस्तीपुर जिले में सात प्रखंडों में लगभग तीन लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि नून नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मोरवा और सरायरंजन प्रखंड के कई नये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं बाढ़ का पानी रेल पुल के पास आ जाने के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर लगातार सत्रहवें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप्प रहा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि नमी युक्त हवा के कारण राज्य के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक अस्सी मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के गलगलिया और ठाकुरगंज में रिकार्ड की गयी है वहीं गोपालगंज पूर्वी चंपारण रोहतास पश्चिमी चंपारण और कटिहार जिले में चालीस मिलीमीटर से साठ मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी कृषि मंत्री प्रेम कूमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का जायजा लिया श्री कुमार ने कहा कि राज्य में पौने आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि किसानों को आकलन के बाद फसल क्षतिप्रर्ति दी जायेगी उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उन्हें आकस्मिक खेती के लिये मूंग मक्का और अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगभग तिरासी हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में तीन हजार इक्कीस नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों का आंकडा बढकर बयासी हजार सात सौ इकतालीस तक पहुंच गया है सबसे अधिक चार सौ दो मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है अन्य जिले जिनमें सौ से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है उनकी भी संख्या बढी है बेगूसराय जिले से एक सौ इकहत्तर बक्सर से एक सौ उनहत्तर वैशाली से एक सौ उनचास और पूर्वी चंपारण जिले से एक सौ इकतालीस संक्रमण के मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर जिले में एक सौ चौदह समस्तीपुर में एक सौ सोलह सारण जिले में एक सौ तेरह जबकि पश्चिमी चंपारण जिले में एक सौ आठ मामले सामने आये हैं कुल संक्रमित लोगों में से चौवन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि अब तक राज्य में चार सौ पचास लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है राज्य में प्रतिदिन औसतन पचहत्तर हजार से अधिक कोविड उन्नीस नूमनों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर पैंसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गयी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कोविड उन्नीस जांच की गई और उनमें इस संक्रमण की पुष्टि हुई है श्री मुखर्जी ने पिछले सप्ताह अपने संपर्क में आये लोगों से क्वारंटीन में रहने और कोविड उन्नीस की जांच कराने का भी अन्रोध किया है कटिहार के समाजसेवी और पूर्व वार्ड पार्षद मल्लिक पासवान का कोविड उन्नीस संक्रमण से निधन हो गया उनका इलाज पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में चल रहा था देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज बाईस लाख पार कर गई आज बासठ हजार चौंसठ लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई लगातार चौथे दिन साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से देश में अब तक चौवालीस हजार तीन सौ छियासी लोगों की मृत्यू हुई है अब तक पंद्रह लाख पैंतीस हजार से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं संक्रमण से स्वस्थ होने की दर उनहत्तर दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है

सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से पटना एम्स में कोविड उन्नीस से संक्रमित मरीजों के लिये डॉक्टरों के परामर्श पर जरूरतमंदों को रेमडेसिवीर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जरूरतमंदों को यह दवा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बताया कि इससे मरीजों की परेशानी काफी हद तक कम हो जायेगी मौजूदा समय में एम्स दिल्ली में यह व्यवस्था है

श्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत

अब तक चार सौ पचास लोगों की मृत्यु